लखवाड़ जलविद्यूत परियोजना के निर्माण के लिए सहमति पत्र हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री ने खुशी जाहिर की कहा लखवाड़ एक राष्ट्रीय परियोजना और इससे सभी साझेदार राज्यों को लाभ मिलेगा

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में मिल रही सस्ती दवाओं का लाभ प्रदेश की जनता भी उठा रही है सहमति केन्द्र सरकार ने उत्तराखंड में बहउद्देशीय लखवाड़ जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए ऊपरी यमुना घाटी के छह राज्यों के साथ सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं ये राज्य हैं उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान हरियाणा और दिल्ली गंगा पुनर्द्वार मंत्री नितिन गडकरी ने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ लगभग चार हजार करोड़ रूपये की इस परियोजना के लिए सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किये हैं

लखवाड़ परियोजना उत्तराखंड में यमुना नदी पर दो सौ चार मीटर ऊंचे कंकरीट के बांध निर्माण की परियोजना है इसमें से लगभग आठ सौ क्यूबिक मीटर पानी इन छह राज्यों को घरेलू तथा औद्योगिक इस्तेमाल के लिए उपलब्ध कराया जायेगा परियोजना की कुल लागत में बिजली घटक का खर्च उत्तराखंड सरकार वहन करेगी बिजली उत्पादन का पूरा लाभ भी उत्तराखंड को ही मिलेगा इस अवसर पर श्री गडकरी ने कहा कि पानी की कोई कमी नहीं है लेकिन उचित तरीके से इसके संरक्षण की जरूरत है उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के सभी प्रयास किये जा रहे हैं खुशी जाहिर बहुउद्देशीय लखवाड जलविद्युत परियोजना के निर्माण के लिए सहमति पत्र हस्ताक्षर होने पर मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने खुशी जाहिर की है उन्होंने कहा कि लखवाड़ परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना है और इस योजना से सभी साझेदार राज्यों को लाभ होगा श्री रावत ने कहा कि प्रदेश में बिजली जरूरतों को पूरा करने में यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी अपने ट्वीट संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस परियोजना के जरिए उत्तराखंड को विद्यत आपूर्ति और सिंचाई की सुविधा मिल सकेगी मुख्यमंत्री ने कहा कि यह योजना यमुना बेसिन के ॅ अन्य राज्यों को सिंचाई और पेयजल की सुविधा भी उपलब्ध कराएगी संस्कृत संगोष्ठी उच्च शिक्षा राज्यमंत्री डा धन सिंह रावत ने कहा है कि प्रदेश में अगले साल से सभी डिग्री कॉलेजों में संस्कृत विषय की पढाई शुरु की जाएगी श्री रावत देहरादून में एक विचार गोष्ठी को संबोधित कर रहे थे ये गोष्ठी उत्तराखंड में संस्कृत भाषा की अलख जगाने वाले राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित डा वाचस्पति मैठाणी की याद आयोजित की गई थी श्री रावत ने कहा कि संस्कृत शिक्षा को लेकर डॉ मैठानी का विशेष योगदान रहा है

इस हादसे में दो लोगों की मौत हो गयी

उधर अल्मोड़ा जिले की सल्ट तहसील के भगराकोट में बरसाती नाले में कल शाम एक कार के बह जाने से उसमें सवार तीन लोगों की मृत्यु हो गई कार में कुल चार लोग सवार थे जिनमें एक महिला घायल हुई है जिसका उपचार रामनगर के नागरिक चिकित्सालय में चल रहा है कार पौड़ी गढ़वाल से रामनगर जा रही थी उधर एक अन्य घटना टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर क्षेत्र में हुई एनआईवीएच देहराद्न स्थित राष्ट्रीय दृष्टिबाधितार्थ संस्थान में छात्र छात्राओं का आंदोलन समाप्त हो गया है संस्थान के कार्यवाहक निदेशक केवीएसराव ने बताया कि संस्थान के छात्र छात्राओं द्वारा की गई सभी मांगों के समाधान के लिए संस्थान ने कार्रवाई की है उन्होंने बताया कि संस्थान में पठन पाठन सुचारु हो गया है श्री राव ने कहा कि अब छात्राओं की सुरक्षा के लिये अलग से महिला गार्डों को र्तनात किया जायेगा और कक्षाओं में भी सीसीटीवी की सुविधा होगी इसके अलावा संस्थान में अंशकालिक डॉक्टर को नियुक्त करने की प्रक्रिया जारी है और पुरुष कर्मियों को महिला छात्रावास में जाने से रोक दिया गया है

साथ ही संस्थान के स्टाफ और कर्मचारियों को भी बच्चों से बातचीत करने के तरीके पर संवेदनशील बनाया जायेगा

गौरतलब है कि इस वर्ष मार्च में उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र गैरसैंण में आयोजित किया गया था जन औषधि योजना प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का लाभ कोटद्वार के आम लोग उठा रहे हैं इस केंद्र के माध्यम से आम लोगों को सस्ती दवाएं उपलब्ध कराना है जन औषधि केंद्र से बेरोजगार युवकों को अपना रोजगार शुरू करने का अवसर दिया जा रहा है प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने के लिए ढ़ाई लाख रुपये की धनराशि सहायता के रूप में दिए जाने का प्रावधान है कोटद्वार के सयुंक्त चिकित्सालय में भी जन औषधि केन्द्र खोला गया है जिसका लाभ क्षेत्र की जनता को मिल रहा है केंद्र से दवाईयां खरीदने वाले अनूप बताते हैं कि जन औषधि केंद्र पर सस्ते दामों में दवाएं मिलती हैं

उन्होंने कहा कि वे दवाइयों को उनके जेनेटिक नाम से बेचते हैं ब्रांड के नाम से नहीं केंद्र सरकार की ये योजना खासतौर पर गरीबों और मध्यम वर्ग के लिए लाभदायक साबित हो रही है जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मंहगी दवाइयां बहत ही कम कीमत पर उपलब्ध है अभी अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार बदरीनाथ धाम के लिए यात्रा सुचारू हो गई है पिछले कुछ दिनों से लामबगड़ के समीप अवरूद्व राष्ट्रीय राजमार्ग को यातायात के लिए खोल दिया गया है संदेश मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने राष्ट्रीय खेल दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश के खिलाड़ियों और युवाओं को श्भकामनाएं दी हैं अपने संदेश में हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचन्द को श्रद्वांजलि देते हए मुख्यमंत्री ने कहा कि खेलों का हमारे जीवन में विशेष महत्व है देश और दुनिया के खिलाड़ी एक मंच पर खेल भावना के साथ अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर आपसी सद्भाव को बढाने का भी कार्य करते हैं उन्होंने कहा कि राज्य के क्रिकेट एशोसिएसन को मान्यता मिलने से यहां के युवाओं को क्रिकेट में और बेहतर प्रदर्शन करने के अवसर मिलेंगे श्री रावत ने कहा कि खेलों के विकास और खिलाड़ियों को हर सुविधाए उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार संकल्पबद्ध है उन्होंने कहा राज्य में योजनाबद्द तरीके से खेल सुविधाओं को विकसित कर खिलाड़ियों को बेहतर खेल वातावरण देने के प्रयास किए जा रहे हैं बैठक रूद्रप्रयाग जिले में खुले स्थानों पर कूड़ा फेंकने वालों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी जिलाधिकारी मंगेश धिल्डियाल खूले में कड़ा फेंके जाने वाले सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं ठोस और अपशिष्ट कूड़ा निस्तारण के संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि जो लोग खुले में कूड़ा डालते हैं उन पर कार्रवाई करते हुए उनसे जूर्माना वसूला जाएगा उन्होंने जैविक और अजैविक कूड़े के निस्तारण के लिए जिले के सभी वार्डो और मोहल्लों में अलग अलग कूड़ेदान लगाने के निर्देश दिए जिलाधिकारी ने सभी नगर पंचायत अधिकारियों को शहर में स्वच्छता बनाए रखने के भी निर्देश दिए

इस संबंध में आयोजित बैठक में जिलाधिकारी आशीष चौहान ने कहा कि सेब को बढ़ावा देने के लिए इसे पर्यटन से जोड़ा जाएगा उन्होंने कहा कि हर्षिल एप्पल फेस्टिवल में प्रजातिवार सेब प्रर्दशनी के साथ किसानों को विभिन्न कृषि यंत्रों और खेती में काम आने वाली आधुनिक मशीनों की जानकारी दी जाएगी